उन्होंने कहा कि चित्रकूट पावनधाम है और उनकी सरकार इसे विश्व के मानचित्र पर ले कर आयेगी मुख्यमंत्री श्री योगी कहा कि पूरे देश के विकास के लिए कई योजनाओं का क्रियावन्यन किया जा रहा है और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे डिफेंस कॉरीडोर पर दो माह के भीतर कार्य शुरू कर दिया जायेगा श्री योगी अपने चित्रकूट के दो दिवसीय दौरे के पहले दिन आज नगर में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के विकास के लिए एक सौ बयासी करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक पर रोक लगा दी गयी है ऐसे में अब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने कुम्हारो द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हारो को तालाब का पट्टा दिया जायेगा और साथ ही उन्हें सोलर से चलने वाली चॉक भी दी जायेगी जनसभा को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटा कर बता दिया है कि अब पूरे देश में एक झण्डा एक निजाम और एक कानून रहेगा मरूस्थलीकरण रोकने के संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबद्व पक्षों सीओपी का चौदहवां सम्मेलन आज समाप्त हो रहा है इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भूमि को बंजर होने और उसके असर को रोकने तथा आम जनता और पारस्थितिकी प्रणाली के लिए अनुकूल उपलब्धियां हासिल करना है बारह दिन के इस सम्मेलन में भूमि के बंजर होने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में मजबूत भागीदारी और सार्थक बातचीत हुई पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस सम्मेलन की उपलब्धियों के बारे में आज घोषणा करेंगे दिल्ली घोषणा पत्र को आज संबंधित पक्ष द्वारा अपनाया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह सत्तावनवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी हिन्दी और अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराये जा सकते हैं यह फोनलाइन छब्बीस सितम्बर तक ख्ली रहेंगी उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की केन्द्र सरकार की याचिका को आज तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला सुनवाई के लिए अगले सप्ताह तीन न्यायावीशों की पीठ के समक्ष रखा जाये मई में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि देश में कानून समान होने के साथ किसी जाति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए केन्द्र सरकार ने कहा था कि न्यायालय का मार्च दो हजार अट्ठारह का फैसला समस्या उत्पन्न करने वाला है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए वाराणसी की रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला कल अनंत चत्दशी के अवसर पर शुरू हई हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अगोचर विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह कार्यक्रम बड़ी संख्या में स्थानीय और विदेशी दर्शकों को आकर्षित करता है दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली भारत की रामनगर की ऐतिहासिक रामलीला की शुरुआत कल रावण के जन्म और रामबाग पोखरा पर क्षीर सागर की झांकी के साथ श्रु हई दो सौ सालों से भी ज्यादा प्रानी माने जानी वाली रामनगर की रामलीला शायद इकलौती ऐसी प्राचीन कला है जो अमी भी तकनीक और आधुनिकता से अछ्ती है और जहां बिना किसी लाउडस्पीकर और बिजली की लाइटो के मंचन किया जाता है जिसमें सारे किरदार पुरुष पात्र ही निमाते हैं सैकड़ो की तादाद में नियमित दर्शक जिन्हें नेमि भी कहा जाता है पूरी रामलीला के दौरान रामचरित मानस का पाठ करते रहते हैं सुशील चंद तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी फैंसला लिया जाना चाहिए न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्व बोस की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अभी यह नहीं जानता की इस मुद्दे पर उसे उच्च न्यायालय का फैसला लेना चाहिए या नहीं पीठ ने कहा कि वह इस मामले के गुण दोष में नहीं जायेगी और सिर्फ फेसबुक की याचिका पर फैसला देगी फेसबुक ने याचिका में मद्रास बाम्बे और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में करने की मांग की है